उन्होंने कहा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता को निर्वाचन विभाग सख्ती से लागू कर रहा है उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी से बचने की सलाह भी दी नामांकन प्रदेश के चारों संसदीय सीटों के लिये कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन की तिथियां घोषित कर दी गई हैं

इसके अलावा इन प्रत्याशियों के साथ कवरिंग प्रत्याशियों के रूप में पर्चा भरने वाले उम्मीदवारों की सूची भी तैयार कर ली गई है

इसी कड़ी में कांग्रेस प्रत्याशी आश्रय शर्मा कुल्लू जिला के दौरे पर हैं तथा जगह जगह जनसभाएं कर अपने लिए वोट मांग रहे है आज वे कुल्लू विधानसभा क्षेत्र के लगघाटी व न्योली में चूनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे कार्यशाला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मण्डी में हिमालयी क्षेत्र के जलवायु परिवर्तन और अत्यधिक बदलाव की घटनाओं पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला लगाई गई है इस अवसर पर भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव एम राजीवन ने बताया कि जलवायु परिवर्तन के दृष्टिकोण से आर्कटिक क्षेत्र के साथ हिमालय दुनिया के सबसे अधिक संवेदनशील क्षेत्रों में से एक है

कार्यक्रम का आयोजन स्वयंसेवी सेवी संस्था प्रेरक द्वारा किया जा रहा है शिविर का उद्देश्य लोगों को स्वस्थ जीवन के लिये शरीर मन व आत्मा की महत्ता व शुद्धता के बारे में जानकारी देना है दुर्घटना हिमाचल पथ परिवहन निगम की रिकांगपिओ डिपो की बस में पवारी के पास कल देर रात अचानक आग लग गई हमारे किन्नौर प्रतिनिधि ने बताया कि ये बस हमीरपुर से रिकांगपिओ आ रही थी

सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया हालांकि बस पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज दिन की शुरुआत खिली धूप के साथ हुई है हालांकि मौसम विभाग ने आज प्रदेश के मध्यवर्ती भागों में बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की सम्भावना है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है सत्ती आज और कल नहीं कर सकेंगे प्रचार आयोग ने दो दिन लगाई रोक

जबकि दैनिक सवेरा टाइम्स लिखता है दो दिनों तक चुनाव प्रचार नहीं कर सकेंगे सत्ती

इसी अखबार की एक अन्य खबर है हिमाचल क्षेत्र में बढ़े गर्म दिन और रातें आपका फैसला ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयान को सुर्खी दी है नए भारत की भूमिका तय करेंगे लोकसभा चुनाव वहीं इसी अखबार ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के हवाले से लिखा है भाजपा प्रदेश की चारों सीटें जीतने का ख्वाब छोड़ दे कांग्रेस करेगी कमबैक सात मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस रद्द शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है प्रदेश भर में छापामारी के बाद जिला दवा निरीक्षकों की बड़ी कार्रवाई

आपका फैसला के मुताबिक ताजा बर्फबारी के कारण इस बार एक माह देरी से खुलेगा रोहतांग दर्रा